सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक साजो सामान की खरीददारी की प्रकिया में तेजी से फैसले करने के उद्देश्य से यह वित्तीय अधिकार बढ़ाये गये हैं इस निर्णय से सेना के उप प्रमुखों के अधिकार में पांच गुना वृद्धि हो गई है अब उप प्रमुखों को पांच सौ करोड़ रुपये तक के वित्तीय अधिकार मिल गए हैं इससे तीनों सशस्त्र बलों की क्षमता को और बढावा मिलेगा भैयादूज भाईदूज का पर्व आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है इस पर्व पर बहनें भाईयों को टीका लगाकर उनकी दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं भाई दूज का ये त्यौहार भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है और समाज में प्रेम व स्नेह का संदेश देता है इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है भाई दूज के मौके पर महिलाओं को राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध रहेगी

उन्होंने इच्छक अभ्यर्थियों से अपने शैक्षणिक व मूल दस्तावेजों के साथ आयोजन स्थल पर साक्षात्कार के लिए पहुंचने की अपील की है कपाट उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम के कपाट कल से बंद कर दिए गए हैं इस बीच केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए आज से बंद कर दिए जाएंगे

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

जबकि आपका फैसला के शब्द हैं दिवाली की रात हिमाचल में आग का तांडव करोड़ों की संपत्ति स्वाह दैनिक जागरण मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है सहकारी बैंकों के लिए हो जमानत मुक्त कर्ज की व्यवस्था पंजाब केसरी का शीर्षक है हिमाचल ने मांगा केंद्रीय योजनाओं में आसान ऋण अजीत समाचार का शीर्षक है केंद्र से आसान ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने का आग्रह दिव्य हिमाचल का कहना है सीएम ने पर्यटन के लिए मांगा सासे हैलीपेड

इसी खबर पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है स्टोन कशरों पर कानूनी राय लेगी सरकार एनजीटी ऑर्डर के खिलाफ अपील पर चर्चा जारी विधायकों को नहीं मिलेगी खास पहचान शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है गाड़ी पर झंडी भी नहीं लगा सकेंगे विधायक अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय आग से बचाव में लिखा है हादसा तभी होता है जब लोग लापरवाह हो जाते हैं और जरा सी लापरवाही बड़े नुक्सान का कारण बनती है प्रदेश में कई अग्निकांड होने के बाद भी लोगों का जागरूक न होना सही नहीं है शीर्षक है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि हर साल बजटीय प्रावधानों के एतबार तले जो मसौदा तैयार होता है उसमें से कितना कहां मुकम्मल हुआ कोई नहीं कह सकता शीर्षक है हम जा किधर रहे